राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों के सहयोग से जनवितरण प्रणाली का पूरी तरह कम्पयूटरीकरण करेगी केन्द्र सरकार

प्रोफैसर सिकन्दर कुमार ने प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार संभाला मुख्यमंत्री राज्य सरकार युवाओं को और अधिक रोजगार व स्वरोजगार देने के लिए कृषि पर्यटन उद्योग उर्जा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोजगार सृजन लक्ष्यों के लिए आज शिमला में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार कर इनका क्रियान्वयन किया जाएगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता संजीव सुन्द्रियाल से डिस्पैच मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सरकार के कार्यक्रम व नीतियां युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार करने पर बल दिया जयराम ठाकुर ने कृषि व बागवानी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की बात कही क्योंकि इन दोनों में स्वरोजगार की अपार सम्भावनाएं है उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को समुचित प्रोत्साहन देने की जरूरत बताई मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और प्लेसमेंट के अवसर बढ़ाने के लिए सभी रोजगार कार्यालयों को कौशल पहचान केन्द्रों व आदर्श करियर मार्गदर्शन केन्द्रों पर परिवर्तित किया जाएगा जयराम ठाकूर ने अधिकारियों को अपने बजट भाषण में घोषित की गई योजनाओं को शीघ लागू करने के निर्देश भी दिए गए उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने की नसीहत भी दी ताकि सकारात्मक परिणाम हासिल किया जा सके संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी सामाचार शिमला

उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वीकृतियों में होने वाली देरी से निपटने के लिए एमसीए और एफआरए में समयबद्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे ताकि विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर लागू किया जा सके इस बीच मुख्यमंत्री ने हार्न नोट ओक जागरूकता अभियान और शोर नहीं मोबाईल ऐप्प का शुभारम्भ भी किया मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में ये अभियान दो शहरों शिमला व मनाली में शुरू किया गया है सरवीण चौघरी प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिल योजना के तहत पर्यटकों को अनछुए क्षेत्रों में भेजने की योजना पर बल देगी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर में जनसमस्याएं सुनने के बाद ये जानकारी देते हुए बताया कि अनछुए क्षेत्रों में सड़क परिवहन पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं की संरचना की जाएगी उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के विकास से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अनेक साधन उपलब्ध होंगे और ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ होगी इस मौके उन्होंने विभिन्न जनसमस्याओं का निपटारा किया जबकि शेष समस्याओं के समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए वीरेन्द्र कश्यप केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों के साथ मिलकर जन वितरण प्रणाली का पूरी तरह कम्पयूटरीकरण कर रही है आज लोकसभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के सवाल के जवाब में केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने बताया कि इससे खाद्यान्न वितरण को सुधारने के अलावा चोर बाजारी और फर्जी राशन कार्डो की समस्या का समाधान हो सकेगा सीआर चौधरी ने बताया कि राशनकार्डों के डिजिटीकरण से सप्लाई चैन मैनेजमेंट खाद्यान्नों के ऑनलाईन आबंटन ट्रांसपेरेंसी पोर्टल की स्थापना और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को लाभार्थियों के राशन कार्ड आधार से जोड़ने के लिए कहा गया है ताकि सरकारी योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ मिल सके इस बीच सांसद वीरेन्द्र कश्यप के एक अन्य सवाल के जवाब में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे ने बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड के चुने हुए प्रतिनिधियों को बोर्ड प्रबंधन के मामलों में ज्यादा शक्तियां देने की कोई योजना विचाराधीन नही है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क ऊर्जा पेयजल सिंचाई और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविघाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है वे आज कांगड़ा जिला के भौरा में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे विपिन परमार ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर व उपेक्षित वर्गो के कल्याण के लिए वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकास योजनाओं को लागू किया गया है इस दौरान विपिन परमार ने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि तेल संरक्षण और उर्जा का बचाव मौजूदा समय की प्रमुख मांग है और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है शिमला में आज पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की एक प्रचार वैन को रवाना करने से पहले उन्होंने ये बात कही सुरेश भारद्वाज ने कहा कि तेल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से उर्जा की बचत होगी और जनधन बढ़ाने में सफलता मिलेगी

इस दौरान पैट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण पर सूचना प्रस्तिकाएं व प्रचार सामग्री भी लोगों को वितरित की जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यार्थियों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए सरकार वचनबद्व है